उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित कर उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करना है श्री योगी आज लखनऊ में हनर हाट के उदघाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाए देकर उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु मंच प्रदान किया है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं की हमेशा उपेक्षा की पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी हनर को बाजारों की जरूरत के हिसाब से तराशने और प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय अत्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर में हनर हाट का आयोजन कर रहा है इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय अत्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्वास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हुनर हाट के माध्यम से देश में पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों को बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान कर रहा है उन्होंने कहा कि लखनऊ में आयोजित हुनर हाट में तेईस राज्यों से दस्तकार और शिल्पकार अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने आए हैं उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक सोलह हनर हाट का आयोजन किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम कल से लागू हो गया है केन्द्र ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है कानून के अनुसार पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समृदायों के व्यक्तियों के इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत में आने को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी चौवनवीं पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दे रहा है उन्नीस सौ पैंसठ के भारत पाकिस्तान युद्व को समात करने के लिए शांति संघि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद उज्वेकिस्तान के ताशकंद में उनका निधन हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनके जन्मस्थान चन्दौली के मुगलसराय की सेंट्रल कॉलोनी और उनके पैतृक निवास वाराणसी के रामनगर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावनीनी श्रद्वांजलि दी गयी और संगोष्ठी आयोजित कर उन्हें स्मरण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और सदाचार की सच्ची प्रतिमूर्ति बताते हुये कहा कि वे दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे तीन दिनों तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित महोत्सव में कला संस्कृति लोक परंपराओं के साथ साथ युवाओं के लिए खेल मनोरंजन आदि के भी प्रबंध किए गए हैं प्रदेश के पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी ने महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भारतीय संस्कृति और विरासत की उपेक्षा करने का आरोप लगाया श्री तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने संवारने का काम कर रही है उन्होंने विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों को इसी कड़ी का हिस्सा बताया श्री तिवारी ने पूर्वांचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं बताते हुए कहा कि यहां वाराणसी अयोध्या और गोरखपुर जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस वर्ष गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को विशेष स्थान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसा बड़ा मंच मिलने से स्थानीय कलाकारों का हौसला बढ़ता है और उन्हें अपना हनर दिखाने का अवसर भी प्राप्त होता है महोत्सव के पहले दिन आज प्रसिद्द कथक नृत्यांगना जयंती माला मिश्रा ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया देर शाम जानी मानी गायिका अल्का याग्निक अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी प्रदेश के कन्नौज जिले में छिबरामउ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धिलोई गांव के पास कल देर रात सड़क दुर्घटना में दस लोगों की मत्य हो गई और पच्चीस अन्य घायल हो गये राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी बस के ट्रक से टकराने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई पुलिस ने बताया कि बस में करीब चौवालिस यात्री सवार थे बस कन्नौज से जयपुर जा रही थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुये मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुये मृतकों के निकट संबंधियों को दो दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है उन्होंने प्रत्येक घायल को पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की